राज्य सरकार की ओर से पुलवामा हमले में शहीद हुए राज्य के पांच शहीदों के परिजन को पचास लाख रूपये तक की नकद सहायता की घोषणा

शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर कल शाम हवाई अड्डे लाये गये थे

गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीआरपीएफ जवानों के पार्थिव शरीर लाये जाने के समय हवाई अडडे पर मौजूद रहे रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शहीदों को श्रद्दाजंलि देने वालों में शामिल रहे

गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है इस बैठक में राजनीतिक दलों को आतंकी हमले और सरकार द्वारा उसके बाद उठाये गये कदमों से अवगत कराया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में सर्वदलीय बैठक ब्रलाने का फैसला लिया गया था

प्रधानमंत्री ने राजनेतिक पार्टियों का आहवान किया है कि वे मौजूदा परिस्थितियों में दलगत सोच से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में एकजुट होकर काम करें

इसके अतिरिक्त शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी बच्चों को पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति तथा माता पिता को तीन लाख रूपये की सावधी जमा भी प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की भारत की प्रतिबद्धता कम नहीं होगी उन्होंने हमले में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों की शहादत को नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की हमले की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया कि जवानों की शहादत से हमारी आंखे नम हैं लेकिन उनके शौर्य पराकम तथा बलिदान ने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया है

आतंकी हमले में राज्य के पांच सीआरपीएफ जवान शहीद हए है सभी शहीदों का आज उनके पैतुक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा शहीदों में जयपुर जिले के गोविन्दपुरा के कांस्टेबल रोहिताश लाम्बा राजसमंद जिले के बिनोल निवासी हैड कांस्टेबल नारायण लाल गुर्जर कोटा जिले के विनोद कला के हेमराज मीणा धौलपुर जिले के जैतपुर गांव के कांस्टेबल भागीरथ सिंह और भरतपुर जिले के संदरवाली के कांस्टेबल जीतराम शामिल है

गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह और आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में बैठक हुई लेकिन अभी तक आंदोलन खत्म करने को लेकर सहमति नहीं बनी है इधर आंदोलन के चलते कई रेल और सड़क मार्ग अवरूद्व चल रहे हैं

रक्षा विभाग के प्रवक्ता संबित घोष ने बताया कि इस अभ्यास के अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ तथा कई मित्र देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद रहेंगे

इसके लिये सोमवार से राज्यभर में विशेष अभियान चलाया जायेगा इसके तहत प्रत्येक जिले में दो दो राज्य स्तरीय अधिकारियों और सलाहकारों का दल बनाया गया है चिकित्सा विभाग के मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान में लेबर रूम की क्रियाशीलता प्रसव के दौरान चिकित्सकों सहित स्टाफ के व्यवहार जांच उपकरण और निशुल्क दवा और जांच सेवाओं की मॉनिटरिंग की जायेगी

सहकारिता विभाग के रजिट्टार डॉ नीरज के पवन ने बताया कि अब तक लगभग एक लाख से अधिक किसानों के लगभग पांच सौ करोड़ रूपये क ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है